मास्क पहने दो गज दूरी ह जरूरी स्रक्षित दूरी बनाए रखें हाथ और मुंह साफ रखें मदन कौशिक समीक्षा प्रदेश के शहरी विकास आवास मंत्री मदन कौशिक ने कहा हा कि राज्य में रोपवे और मप्रो ट्रेन चलाये जाने को लेकर जल्द कार्रवाई की जायेगी

नीलकंठ और ऋषिकेश के बीच तीन स्थानों रेलवे स्टेशन रोडवेज और त्रिवेणी घाट के लिए रोपवे के निर्माण के लिए प्लान तघ्यार करने के निर्देश भी अधिकारियों को दिये गये उन्होंने बताया कि देहराद्रन में मेट्रो के लिए केंद्र सरकार से वार्ता के लिए बठक की जायेगी यूजीसी गाइडलाइंस विश्वविद्यालय अन्दान आयोग यूजीसी ने देशभर में विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों को फिर से खोलने के लिए दिशा निर्देश जारी किये हैं नये दिशा निर्देशों के अन्सार कंटेनमेंट जोन को छोड़कर बाकी क्षेत्रों में संबंधित राज्यों और केन्द्रशासित प्रदेशों की सरकारों के साथ विचार विमर्श कर चरणबदध तरीके से विश्वविदयालयों और महाविदयालयों को खोला जा सकता हा यूजीसी ने सप्ताह में छह दिवसीय कार्य और स्रक्षित दूरी रखते हुए वर्ग में विद्यार्थियों की संख्या कम रखकर कक्षाएं श्रू करने की सलाह दी है हालांकि संस्थान की जरूरत के अन्सार प्रतिदिन शिक्षण के घंटे को बढ़ाया जा सकता हा नये दिशा निर्देशों के अन्सार सभी शिक्षण संस्थानों को खोलने से पहले केन्द्र या संबंधित राज्य सरकारों को इन शिक्षण संस्थानों को प्न खोलने के लिए स्रक्षित घोषित करना होगा

शिक्षामंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा है कि सभी शिक्षण संस्थानों विद्यार्थियों अभिभावकों और इससे ज्ड़े सभी लोगों के बेहतर भविष्य और जीवन के लिए इन दिशा निर्देशों का पालन करना जरूरी होगा

महाविद्यालय शिलान्यास पौड़ी जिले के ब्लाक म्ख्यालय पाबौ में आज उच्च शिक्षा राज्य मंत्री डा धनसिंह रावत ने राजकीय महाविद्यालय का शिलान्यास किया

यहां के छात्र छात्राओं को उच्च शिक्षा के लिए घर से दूर पौड़ी श्रीनगर और देहरादून जाना पड़ता था इस महाविद्यालय के बन जाने से दूरदराज के ग्रामीण क्षेत्र के लोगों पर बच्चों को पढ़ाने का आर्थिक दबाव कम होगा महाविद्यालय के प्राचार्य ने कहा कि अपना भवन स्थापित होने से प्स्तकालय और प्रयोगशाला का लाभ भी छात्र छात्राओं को मिलने लगेगा

राज्यपाल ने कहा कि अपने कर्तव्यों का सत्यनिष्ठा और ईमानदारी से पालन करने वाले और उत्कृष्ट सेवाएं देने वाले अधिकारी और कार्मिक राज्य की मूल्यवान सम्पति हैं राज्यपाल के निर्देश पर अब हर साल राज्य स्थापना दिवस से पहले विभिन्न सरकारी और ग्रण सरकारी क्षेत्र में उत्कृष्ट सेवा कार्य करने वाले अधिकारियों और कार्मिकों को सम्मानित किया जायेगा मख्य सचिव म्ख्य सचिव ओमप्रकाश ने अधिकारियों को रेल लाइन प्रोजेक्ट के क्षतिपूर्ति संवितरण कार्य को जल्द पूरा करने के निर्देश दिये हथ ऋषिकेश कर्णप्रयाग नई रेल लाइन परियोजना के सम्बन्ध में रेल विकास निगम लिमिटेड और शासन के बीच हई बठक में मुख्य सचिव ने प्रोजेक्ट एरिया को प्रतिबंधित क्षेत्र घोषित किए जाने के लिए सम्बन्धित जिलाधिकारियों को कार्रवाई करने को कहा इससे पहले मुख्य सचिव ने चारधाम यात्रा मार्ग से सम्बन्धित जिलों के जिलाधिकारियों से परियोजना की प्रगति की जानकारी ली उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि चारधाम यात्रा मार्ग प्रभावितों को म्आवजा देने की प्रक्रिया को पूरा किया जाए खाद्य सुरक्षा विभाग राजधानी देहरादुन के सभी मिष्ठान विक्रेताओं को उपभोक्ताओं को दिये जाने वाले खाद्य पदार्थों की पक्रिंग पर कोरोना से बचाव के स्लोगन का चिट अनिवार्य रूप से लगाना होगा यह आदेश खाद्य स्रक्षा विभाग ने जारी किये हैं जिन मिठाई के डिब्बों पर चिट नहीं होगी उन द्कानों पर कार्रवाई की जाएगी खाद्य स्रक्षा अधिकारी जी सी कंडवाल ने कहा कि सभी मिष्ठान कारोबारियों को निर्देश जारी कर दिए हैं

इसके शुभारंभ से ही मिट्टी के दीयों की मांग में तेजी देखी गई और दस दिनों से कम समय में ही सभी डिजाइनर दीयों की बिक्री हो गई